मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्व पूरा करने के निर्देश दिए हैं आज शिमला में हिम विकास समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों को कम से कम एक नई पहल के साथ आगे आकर उसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा का उददेश्य इनका समयबद्ध लाभ प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना है जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग में एफआरए और एफ सी ए के मामले में तेजी लाने पर बल देते हुए प्रभावी काम काज के लिए विभागों में कार्य प्रबंधन प्रणाली को शीघ्र लागू करने की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वीरेन्द्र कंवर पंचायतीराज व मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने मत्स्य पालन संबधी दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आज बिलासपुर में शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से आए वैज्ञानिक मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक पर मंथन करेंगे कंवर ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से मत्स्य को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है ताकि विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रदेश का नाम अंकित किया जा सके उन्होंने कहा कि ठंडे पानी की मछली को हिमालय फिश ब्रांड के नाम से मार्किट में उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मछली पालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि इस साल के अंत तक हिमाचल प्रत्येक परिवार को रसोई गैस सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा कांगड़ा जिले के शाहपुर में सौ पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनैक्शन वितरित करने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को ये सुनिश्ति करने के निर्देश दिए कि कोई भी परिवार बिना गैस कनैक्शन के न रहे इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया

वे आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित प्री बजट समन्वय बैठक में बोल रहे थे विकम ठाकुर ने पिंजौर बद्दी नालागढ शिमला मटौर और पठानकोट मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्गों को फोरलेन बनाने के लिए एक हजार करोड़ रूपए का विशुद्ध कोष सृजित करने का आग्रह किया इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्गो के सामान्य मुरम्मत कार्यों व बाढ़ से क्षतिग्रस्त सडकों के पुर्ननिर्माण के लिए वार्षिक परिव्यय को बढ़ाकर सौ करोड़ करने का अनुरोध भी किया उद्योग मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा हवाई अड्डा बनाने के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता देने के अलावा मौजूदा तीन हवाई अड्डो के विस्तार का मामला भी उठाया भेंट नगर निगम शिमला में आज सत्या काँडल को महापौर जबकि शैलेन्द्र चौहान को उप महापौर चुना गया बाद में नवनिर्वाचित महापौर सत्या कौंडल और उपमहापौर शैलेन्द्र चौहान ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके सरकारी आवास ओकओवर में भेंट की मुख्यमंत्री ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि सभी पार्षदों को शिमला शहर के वैभव को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्वता से कार्य करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के विकास और इसे साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सभी पार्षदों को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है भाजपा बैठक भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज शिमला के पीटरहॉफ में हुई जिसमें पार्टी के महासचिव मुरलीधर राव व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर विशेष रूप से मौजूद रहे बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सांसद रामस्वरूप शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे बैठक में प्रदेश भाजपा के पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई इस दौरान पार्टी के आगामी अध्यक्ष पद के नामों पर चर्चा हुई राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अधिकारियों को अधिक समय फिल्ड में कार्य करने की जरूरत बताई है ताकि विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का लोगों को लाभ मिल सके आज शिमला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा कर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने फिट इंडिया प्राकृतिक खेती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ औ कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता लाने पर बल दिया राज्यपाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेहतर कार्य करने पर शिमला जिला को राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर बधाई दी उन्होंने शिक्षा व संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए सम्मेलन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है शिमला के गेयटी थियेटर में आज भाजपा द्वारा आयोजित बुद्विजीवी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये अधिनियम देश के अल्पसंख्य नागरिकों के खिलाफ नहीं है जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बिल को नाकाम करने में असफल रहने पर विपक्ष के नेता अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से तीन देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने में आसानी होगी उन्होंने इसके बारे में जागरूकता लाने की जरूरत बताई

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्यूनिस्ट पार्टी देश में कटरपंथी ताकतों के साथ मिलकर इस कानून पर चर्चा के बदले में दुष्प्रचार और गलत आरोप लगा रही है जो सही नहीं है

बैठक में पंजाब हरियाणा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के उच्च पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक में नशे की अंतरराज्यीय आपूर्ति को रोकने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के अलावा सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर अंतरराज्यीय संचार नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया गया